मुख्य सचिव ने कहा कि एक महीने के इस अभियान का उद्देश्य समाज विशेषकर अभिभावकों व बच्चों को नशे के द्वष्प्रभावों और इससे बचने के उपायों का संदेश देना है बाल दिवस आज बाल दिवस है ये दिन देश के पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरू के जन्म दिवस पर मनाया जाता है चाचा नेहरू को बच्चों से विशेष लगाव था इसलिये उन्होंने ये दिन बच्चों को समर्पित किया इस अवसर पर बच्चों के अधिकार देखभाल और शिक्षा के बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक ट्वीट में जवाहर लाल नेहरू को श्रद्वासुमन अर्पित किए

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारतीय मूल के विद्यार्थियों को प्रदेश व देश की सांस्कृतिक परम्पराओं से अवगत करवाना है

ये दिवस आम लोगों में इस बिमारी के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से मनाया जाता है आध्निक बदलती जीवन शैली के कारण यह रोग बड़ी तेजी से अपने पांव पसार रहा है और शहरी ही नहीं ग्रामीण इलाकों के लोग भी इसकी चपेट में आ रहे हैं प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी डॉक्टर गोपाल चौहान ने लोगों को मधुमेह से बचाव के लिए मीठे का उपयोग कम करने नियमित व्यायाम करने और ताजे फल खाने की सलाह दी है

दुर्घटना कुल्लू जिले में बंजार सोझा मार्ग पर घयागी के समीप बीती रात एक वाहन के गहरी खाई में गिरने से उसमें सवार दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई कूल्लू के पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ने बताया कि मृतकों की पहचान मंडी जिले के कोटली निवासी जगदीश व रामचंदर के रूप में हुई है पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है

मंडी के अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी श्रवण मांटा ने स्थानीय लोगों व पर्यटकों से जलस्तर में बढ़ोतरी को देखते हुए नदी किनारे न जाने और एहतियात बरतने की अपील की है एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकतर समाचार पत्रों ने मानवाधिकार आयोग के गठन से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है दिव्य हिमाचल की सुर्खी है हिमाचल में जल्द बनेगा मानवाधिकार कमीशन अमर उजाला और पंजाब केसरी के एक जैसे शब्द हैं प्रदेश में मानवाधिकार का जल्द किया जाएगा गठन आपका फैसला ने लिखा है हाईकोर्ट के कड़े रूख के बाद प्रदेश में गठित होगा मानवाधिकार आयोग हिमाचल दस्तक का कहना है हाईकोर्ट में बोली सरकार जल्द शुरू करेंगे मानवाधिकार आयोग इन्वेस्टर मीट से जुड़ी खबर को दैनिक भास्कर ने शीर्षक दिया है एमओयू पर काम शुरू करने के लिए बनेगी इंप्लीमेंटेशन कमेटी

दैनिक सवेरा टाइम्स लिखता है इन्वेस्टर्स मीट के बाद प्रदेश में बना निवेश का माहौल मंडी में वृद्ध महिला से हुए अभद्र व्यवहार पर दैनिक जागरण की सुर्खी है एसआईटी करेगी वृद्धा से कूरता की जांच दैनिक भास्कर ने लिखा है बेटी बोली मां को जान से मारना चाहते थे अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा भी जोड़ी जाए स्कूल में ईमानदारी का पाठ पढ़ रहीं चंबा की छात्राएं शीर्षक से अमर उजाला ने लिखा है आदर्श सरकारी स्कूल में शिक्षक ने खोला ईमानदारी स्टोर छात्राएं खुद सामान निकाल गल्ले में डालती हैं पैसे इसी पत्र के अनुसार गरीबी से बाहर निकाले जाएंगे एक लाख बीपीएल परिवार सर्वे शुरू दैनिक भास्कर ने खबर दी है सरकार ने छह एचएएस अधिकारियों के तबादले किए अध्रिसचना जारी दैनिक सवेरा टाइम्स ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर के हवाले से लिखा है कांग्रेस प्रतिनिधियों के साथ दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं